इसके साथ ही अयोध्या में मन्दिर निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान राम जन जन के हैं और उनके आदर्श दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे उन्होंने कहा कि राम मन्दिर के निर्माण से देश के लोगों की इच्छा पूरी हो रही है प्रधानमंत्री ने कहा राम मंदिर राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है और आज पूरा देश भाव्क है क्योंकि सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है प्रधानमंत्री ने देश के घर घर और शहर शहर से लाई गई पवित्र मिट्टी और नदियों के जल के प्रयास को न भूतो न भविष्यति जैसा अभूतपूर्व क्षण बताया उन्होंने कहा कि श्रीराम ने जिस तरह केवट से प्रेम और हनुमान तथा वनवासी बन्धुओं से सहयोग लिया उसी तरह का सहयोग भारत के जन जन से राम मन्दिर के निर्माण के लिए लिया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देशभर के लोगों के सहयोग से राम मन्दिर निर्माण का यह पुण्य कार्य शुरू हुआ है प्रदेश राम मंदिर इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने राम मंदिर भूमि पूजन को देश के लिए एक स्वर्णिम अवसर बताया है एक संदेश में उन्होंने कहा कि युग युगांतर से भगवान श्री राम हमारी संस्कृति व आस्था के केंद्र रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्तव्य निष्ठा व त्याग की प्रतिमूर्ति मर्यादा पुरूषोतम श्रीराम ने मानवता को मार्ग दिखाया इधर प्रदेश भाजपा ने शिमला में राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर दीप माला कार्यक्रम आयोजित किया

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है उन्होंने कहा कि अयोध्या की पुण्य भूमि हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दिव्य दर्शन का केंद्र बिंदु होगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दे रही है उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यो के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है और सड़क संचार ऊर्जा और जलापूर्ति के सुद्रढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस दौरान सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष सुरत नेगी ने करोड़ों रुपये की परियोजनाएं समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया वीडियो कांफ्रेंस के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और विधायक अर्जुन सिंह व जीतराम कटवाल भी मौजूद रहे गोविंद ठाक्र शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने आज प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक की उन्होंने बोर्ड द्वारा अर्जित उपलब्धियों पर संतोष जताते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में बोर्ड ने तय समय सीमा के भीतर परीक्षा परिणाम घोषित कर सराहनीय कार्य किया है गोविंद ठाक्र ने कहा कि बोर्ड द्वारा भविष्य में पाठयक्रम सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग आपसी तालमेल से योजना तैयार करेंगे ताकि इसे तय समय के भीतर प्रदेश में लागू किया जा सके

भेंट कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार भेंट की

राज्यपाल ने राजीव भारद्वाज को सहकारी आंदोलन में महिला किसानों और स्थानीय कारीगरों की भागीदारी सुनिश्चित करने और स्वयं सहायता समूहों की मदद करने का सुझाव दिया